मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करगिल शहीदों को पंचकूला के शहीद स्मारक पर प्ष्पाजंलि अर्पित की

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह ह्डडा से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आज भी पूछताछ जारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में सैनिकों को श्रद्वाजंलि देने के लिये राष्ट्र की अग्वाई की करगिल य्दव साठ से अधिक दिनों तक लड़ा गया जो पाकिस्तान द्वारा च्पचाप कब्जाये गये इलाके को फिर से अपने कब्जे में लेने पर समाप्त हुआ था इस मौके पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी है ने श्रीनगर के बदामी बाग में चिनार कोर म्ख्यालय शहीदों को श्रद्वाजंलि दी खराब मौसम के चलते राष्ट्रपित द्वारा द्रास में य्द्व में शहीद हये सैनिकों को श्रद्वाजंलि देने का कार्यक्रम रद्दा कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी भारतीय सेना के उन बहादुर सैनिकों को श्रद्वाजंलि अर्पित की जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हये अपना बलिदान दिया प्रधानमंत्री ने एक टवीट में कहा कि ये दिन हमें हमारे सैनिकों की बहाद्री जज्बें समर्पण और साहस की याद दिलाता है

रक्षा मंत्री राजनाथ तीनों सेनओं के प्रमुखों और उप प्रमुखों ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युदव स्मारक पर प्ष्पाजंलि अर्पित कर श्रदवाजंलि भैंट की करगिल विजय दिवस के सम्बध में आयोजित होने वाले समारों कल तक जारी रहेंगे हरियाणा में भी आज करगिल विजय दिवस पर करगिल शहीदों को याद किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में शहीद स्मारक पर प्ष्प चक्र अर्पित कर करगिल शहीदों को श्रदवाजंलि दी इससे पहले प्लिस की ट्कड़ी ने भी शहीदों को सलामी दी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मात् भूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदो का ऋण कभी नहीं च्काया जा सकता और देश की जनता शहीदों की क्र्बानी को सदैव याद रखेगी उन्होंने शहीदों के परिजनों को नमन किया और मौके पर उपस्थित पूर्व सैनिकों से बातचीत की और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की रिवाड़ी में कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने एक किसान गोष्ठी मे शहीदों को श्रद्वाजंलि अर्पित की

पंचकूला में भी मेजर संदीप सागर शहीद कैप्टन दीपक ग्लेरिया व करगिल यूद्व के अन्य नायकों को याद किया गया रिवाड़ी में बावल रोड स्थित युदव स्मारक पर प्रशासनिक अधिकारियों व जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारियों ने प्ष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया भिवानी के शहीद स्मारक और यमुनानगर में भी करगिल शहीदों को श्रद्वाजंलि देने के समाचार मिले है

प्रदर्शनी का आयोन भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण दवारा किया गया शौर्य और विजय स्मारकों के शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी स्वतंत्रता संग्राम और अन्य लडाईयो सहित भारत में लडे गये यूदवों की कहानियों को दर्शाया गया है

केन्द्र ने जैविक खादो के उत्पादन पर सबसिडी मुहैया कराकर रसासनिक खादों के स्थान पर जैविक खादों के प्रयोग को प्रोत्साहित करेन सहित कई कदम उठाये है कृषि राज्य मंत्री प्रूषोतम रूपाला ने आज राज्य सभा में क्छ प्रक प्रश्नों के उत्तर मे ये जानकारी देते हये बताया कि केन्द्र ने जैविक खादों के उत्पादन के लिये सात सौ बीस करोड़ रूपये का अनुदान म्हैया कराया है उन्होंने कहा कि जैविक खादों के इस्तेमाल से उत्पादन में दस से पच्चीस फीसदी तक की वृद्वि की जा रही है

डॉ बनवारी लाल आज महेंद्रगढ़ जिला के गांव कादीप्र में मनोहर ज्योति ग़ह प्रकाश प्रणाली के प्रदेश स्तरीय लोकार्पण व वितरण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे

इससे न केवल पंप चलाने में प्रयोग होने वाले डीजल की बचत होगी बल्कि डीजल पंप से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम भी होगी उन्होंने बताया कि किसानों की आय दोग्नी करने और सरकार दवारा कृषि क्षेत्र में प्रदान की जा रही बिजली की सब्सिडी को कम करने के उद्देश्य से करनाल व यमुनानगर जिले में एक एक पायलट परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई है

इन सौर ऊर्जा आधारित टयूबवेलों से जो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा उससे किसानों को दिया जाएगा

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा से प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय दवारा प्छताछ आज भी जारी है काबिलेगौर है कि कल भी प्रवर्तन निदेशालय ने श्री ह्डडा से मानेसर ज़मीन घोटाले बारे करीब नौ घंटे तक प्रछताछ की थी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियो ने प्रछताछ बारे कोई जानकारी नहीं दी है पूर्व म्ख्यमंत्री ने भी पूछताछ को लेकर क्छ भी बताने से इन्कार कर दिया

फतेहाबाद के गांव बड़ोपल के पास प्लिस ने एक व्यक्ति को गिर फ्तार कर उसके कब्जे से एक किलो सौ ग्राम अफीम बरामद की है जिसकी कीमत डेढ़ लाख रूपये बताई गई है फतेहाबाद के डी एस पी सुभाष चंद्र ने बताया कि आरोपी की पहचान राजस्थान के गांव हथ्र्नियां निवासी शमशेर खान क तौर पर हुई है पूछताछ से पता चला कि उसने ये अफीम अपने पास के गांव कतनारा से खरीद थी और इसे ऊंची कीमत पर बेचने के लिये फतेहाबाद लाया था प्लिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक डा हनीफ कुरेशी ने बोर्ड द्वारा संचालित ेमेवात इंजीनियरिंग कालेज नूंह इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों के विशेष वजीफों की श्रूआत की है